उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में देश के सत्तर जिलों में कोविड के मामलों में डेढ सौ प्रतिशत की बढोतरी की खबर है

अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउट बेड की स्थिति बन सकती है हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकेंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें ट्वीक और डीसाइसिव कदम उठाने होंगे आज राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहंचे हैं और जो विश्वास उससे आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है ये आत्मविश्घ्वास हमारा कॉन्फिडेंस ऑवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके कुछ इनिशिएटिव ले करके हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है अपने प्रयासों में हमें अपने प्रराने अनुमवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं अच्छे प्रयोग हैं अच्छे इनिशिएटिव हैं कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नभेंट मशीनरी को नीचे तक ेऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है अब हमें प्रो एक्टिव होना जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भयमीत न हो श्री मोदी ने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट टैक एंड ट्रीट जांच संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम प्रवास पर होने की वजह से इस समीक्षा बैठक में भाग नहीं ले सके उनके स्थान पर छत्तीसगढ़ की ओर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण का कार्य जोरशोर से जारी है राज्य में अब तक करीब नौ लाख इकयासी हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं जिनमें सेकेंड डोज लेने वाले भी शामिल हैं कल इकसठ हजार सात सौ से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कल बिल्हा सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना का टीका लगवाया इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे भी कोरोना मुक्त भारत अभियान में सहभागी बनें इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़र्न लगे हैं कल आठ सौ छप्पन नये मरीजों की पहचान की गई इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब तीन लाख अट्ठारह हजार हो गई है महासमुंद के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनके मंडपे ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सतर्कता बरते

साथ ही कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत खेले जा रहे मैचों के दौरान अब स्टेडियम की क्षमता के आधे दर्शकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहरी परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए साथ ही मैच देखने आए दर्शक अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं दर्शक अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो अर्थदण्ड वसूलने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए इस प्रतियोगिता के तहत आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत लीजेंड्स का मुकाबला वेस्टइंडीज लीजेंड्स से हो रहा है शिक्षा का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि एक सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है पहले पंद्रह मार्व से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन अब बाईस मार्च से आवेदन लिए जाएंगे लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार बाईस मार्च से बाईस अप्रैल तक अभिभावक निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन दे सकेंगे वहीं आवंटन के बाद भी अगर निजी स्कूलों में सीट रिक्त रहती है तो आगामी सत्रह जून से छब्बीस जून के बीच दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी

राज्य पाद्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा ऑडिट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह खुलासा किया है उन्होंने रायपुर में एक प्रेसवार्ता लेकर आरोप लगाया कि निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीते दो वर्षों के दौरान चेक मुगतान के मामले में सक्षम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना जारी चेक के माध्यम से करोड़ों रूपये की राशि निकाल ली उन्होंने बताया कि निगम के नियमों के अनुसार एक लाख रूपये से अधिक के चेक पर वरिष्ठ प्रबंधक वित्त और महाप्रबंधक दोनों का ही संयुक्त हस्ताक्षर होना जरूरी है श्री त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी हीरा तस्कर गिरफ्तार जगदलपुर पुलिस ने हीरा और कोरंडम तस्करी के दो अलग अलग मामलों में कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पहले मामले में बोधघाट थाना क्षेत्र में नया बस स्टैंड से दो संदिग्घ लोगों को पकडा गया तलाशी में इनके पास से पांच सौ पैंतीस नग हीरा और पांच नग कोरंडम बरामद किया गया है वहीं एक अन्य घटना में शहर के चांदनी चौक से भी पुलिस ने हीरा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इसके पास से करीब साढ़े पांच लाख रूपये कीमत के एक सौ नवासी नग हीरे बरामद किए गए हैं माओवादी वारदात बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र स्थित तर्रेम पटेलपारा क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से आईईडी भी बरामद किया गया है गिरफ्तार माओवादियों पर केरकेली और बंदेपारा के बीच चालीस जगहों पर सड़कों को काटकर आवागमन बाधित करने तथा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहंचाने का आरोप है वहीं लोन वर्रादू अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले के बचेली थाने में दो लाख रूपये के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है इस माओवादी पर सुरक्षा बलों पर हमला करने और बारूद लूटने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है मौसम मौसम विमाग ने अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पडने की संभावना जताई है इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से भिली जानकारी के मुताबिक उन्नीस मार्च को प्रदेश में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने के साथ ही तेज हवाए चल सकती हैं इस दौरान राज्य के मध्य और उत्तरी भाग में ओलावृष्टि होने की अधिक संभावना है किताब मेला राजधानी रायपुर में इन दिनों राष्ट्रीय किताब मेला चल रहा है बूढ़ातालाब के पास इंडोर स्टेडियम में लगे इस मेले में देश के अनेक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थानों के स्टॉल लगे हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है इस स्टॉल में उपलब्ध भारत के स्वाधीनता संग्राम और इसके नायकों से संबंधित प्रस्तकों की विशेष मांग देखी जा रही है यह प्रस्तक मेला इक्कीस मार्च तक चलेगा संक्षिप्त समाचार दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यू की घटना और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मंडलो में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने कोंडागांव के जिला पंचायत सदस्य बाल सिंह बघेल को अनुशासनहीनता के आरोप में प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है

जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र स्थित नरियरा गांव में एक प्रधान आरक्षक से मारपीट के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है जाजगीर चांपा जिला रोजगार कार्यालय और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा डभरा स्थित शासकीय आईटीआई परिसर में बाईस मार्च को रोजगार पंजीयन और प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा कोंडागांव में चल रहा वार्षिक मेला पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कल संपन्न हआ दुर्ग में यातायात पुलिस द्वारा ध्वनि प्रद्षण करने और सड़क पर हड़दंग मचाने वाले बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत बारह वाहन जब्त कर उनसे चालान वसूला गया है राजनांदगांव जिले के चौबीस गांवों में गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता के लिए मोंगरा बैराज से पानी छोड़ा गया है जिला कलेक्टर के अनुसार आगामी तीन चार दिनों के भीतर यह पानी राजनादगांव से होकर इरा एनीकट पहुंच जाएगा जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण इलाके में स्थित लोहरसी गांव में एक पिकअप की टक्कर से दो बच्चों की मौत हो गई जशपूर नगर में पुलिस ने ओडिशा से लाया जा रहा करीब पैंतालीस किलो गांजा बरामद किया है पुलिस ने इस मामले में तपकरा थाना क्षेत्र से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जब्त किए गए गांजे की अनमानित कीमत तीन लाख रूपये बताई गई है

महासमंद जिले के तमगांव नगर पंचायत स्थित सपेराडेरा गांव में बीती रात दो दंतैल हाथियों के पहंचने से स्थानीय लोगों में दहशत का मौहाल है वन विभाग के अमले ने इन हाथियों को दूसरे क्षेत्र में खदेड़ दिया है